मतदान प्रबंध प्रदेश में स्वतंत्र निष्पक्ष व शांतिपूर्ण चुनाव सम्पन्न कराने के लिए राज्य निर्वाचन विभाग ने पुख्ता प्रबंध किए हैं

सभी मतदान केन्द्रों पर सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की गई है

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा दिव्यांग व बुजुर्ग मतदाताओं की सुविधा के लिए विशेष प्रबंध किए हैं

पोलिंग पार्टि यां इस बीच प्रदेश के सभी मतदान केन्द्रों के लिए पोलिंग पार्टियां ईवीएम वीवीपैट व अन्य चुनाव सामग्री के साथ रवाना हो गई हैं इनमें से अधिकांश पोलिंग पार्टिया अपने अपने गंतव्य स्थलों पर पहुंच गई हैं जबकि कुछ आज पहुंचेगी बुद्ध पूर्णिमा बुद्ध पूर्णिमा आज देश के विभिन्न भागों में श्रद्धा पूर्वक मनाई जा रही है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देशवासियों को बुद्ध पूर्णिमा की शुभकामनाए दी है उन्होंने कहा कि सत्य अहिंसा दया करूणा और शांति के दूत भगवान बुद्ध के महान संदेश देशवासियों को प्रेरित करते रहेंगे इस उपलक्ष्य में किन्नौर लाहौल स्पिति बौद्ध सेवा संघ शिमला और भारत तिब्बत मैत्री संघ द्वारा शिमला के संजौली स्थित तिब्बती बौद्ध विहार में समारोह का आयोजन किया जाएगा इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाएगा अब एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज सभी समाचार पत्रों ने लोकसभा चुनाव के अंतिम और सातवें चरण के लिए चुनाव प्रचार थमने की खबरों को प्रमुखता दी है अमर उजाला की सुर्खी है प्रचार थमा शाक्टी में खच्चरों से पहुंचाई ईवीएम भंगाल नहीं पहुंच सकी पोलिंग पार्टी पंजाब केसरी का शीर्षक है चुनावी शोर थमा पोलिंग पार्टियां रवाना

दैनिक जागरण के अनुसार थमा चुनाव प्रचार अब मतदाता का इंतजार

सोलन में हुई कांग्रेस अध्यक्ष राहल गांधी की रैली की खबर भी आज सभी समाचार पत्रों में सचित्र प्रकाशित हुई है अमर उजाला की सुर्खी है सोलन में राहुल की आखिरी रैली नोटबंदी के दिन मोदी ने पूरी कैबिनेट कर दी ताले में बंद

आपका फैसला मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र के हवाले से लिखता है कमल खिलेंगा कांग्रेस का होगा सफाया

नमस्कार